उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी एस सिरपुरकर इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे

न्यायालय ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट आने तक कोई और न्यायालय तथा प्राधिकरी इस मामले में जांच नहीं करेगा

उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए एतिहासिक दिन है और देश के सहानुभूति तथा भाईचारे के मूल्यों का प्रतीक है प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि यह विधेयक उन लोगों के कष्ट दूर करेगा जो वर्षो से अत्याचार का सामना कर रहे है उन्होंने विधेयक के समर्थन में मत देने वाले सभी सांसदो के प्रति आभार व्यक्त किया

लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है

आज जयपुर में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पायलट ने कहा कि पिछले एक साल में कानुन व्यवस्था से जुडे जो मसले आये सरकार ने उन पर तुरंत कार्यवाही की और आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था को और पुख्ता किया जायेगा उन्होंने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चोटाला द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए कहा कि दूसरे प्रदेश के नेताओं को इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए श्री पायलट ने कहा कि विपक्ष चाहकर भी सरकार के एक साल के कार्यकाल में कमियां नहीं ढूंढ पा रहा है

उन्होंने कहा कि बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी लेना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए श्री मेघवाल कल चूरू में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगाई गई सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनों की शुरूआत के मौके पर बालिकाओं को संबोधित कर रहे थे

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नये जीएसएस बनने से क्षेत्र की गांव ढाणियों के लोगों को बिना कटौति के बिजली मिल सकेगी

श्रीमती गुप्ता कल जयपुर में आरओबी आरयूबी निर्माण तथा बिट्मिनस कार्यो में गुणवत्ता की सुनिश्चिता के लिए आयोजित एक कार्यशाला के उदघाटन सत्र को सम्बोधित कर रही थीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क निर्माण कार्यो में प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग को बढ़ाने के प्रयास किये जाने चाहिएं साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को डामर की सड़कों से जोड़ने की योजना में भी प्लास्टिक अपशिष्ट काम में लिये जाने की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए

आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि ई ऑक्शन की भारी सफलता के बाद मंडल के अधिशेष मकानों को बेचने के लिए प्रदेश में इन दिनों बुधवार नीलामी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इस उत्सव में राज्य के समी मंण्डल कार्यालयों पर हर ब्धवार को सीलबंद नीलामी के माध्यम से मकानों को बेचा जाता है

मारपीट के मामले में परिवादी से कार्यवाही करने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी